प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में कल होगा जनमंच कार्यक्रमों का आयोजन सिरमौर जिले में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए निर्वाचन विभाग आयोजित करेगा सिरमौर लोकतंत्र उत्सव प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बर्फबारी से प्रभावित किन्नौर जिले में जनजीवन अब भी अस्त व्यस्त

स्वाइन पलू के मामलों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में समीक्षा बैठक हुई उन्होंने स्वाइन फ्लू रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने इस बीमारी के लक्षणों व रोकथाम के उपायों को लेकर लोगों को मीडिया के माध्यम से जागरूक करने पर बल दिया ताकि इसे फैलने से रोका जा सके

परमार इस बीच स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि स्वाइन फ्लू को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और सभी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की दवाई उपलब्ध करवा दी गई है कांगड़ा जिले के टांडा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में आज एक बैठक में उन्होंने लोगों को स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों सहित मुख्य स्वास्थ्य संस्थानों में आसोलेशन वार्ड स्थापित किए गए हैं ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके उधर स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना सहित नागरिक अस्पताल अंब और हरोली में आइसोलेशन वार्ड तैयार किए हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार अस्पतालों में दवाईयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं भेंट विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट की उन्होंने राज्यपाल को सोमवार से शुरू होने वाले बजट सत्र की जानकारी दी बिंदल ने कहा कि बजट सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ये सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से आरम्भ होगा उन्होंने बजट अभिभाषण के लिए राज्यपाल को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल हमीरपुर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर कुल्लू ज़िले के सैंज शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी शिमला शहर ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा सोलन जबकि ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ऊना ज़िले के गगरेट में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे इसी तरह कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा सिरमौर जिले के पच्छाद परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर चम्बा के चुराह स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार मण्डी ज़िले के द्रंग जबकि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल बिलासपुर के कंदरौर में जनमंच कार्यक्रम में भाग लेंगे कांगड़ा ज़िले के नगरोटा में ये कार्यक्रम उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा बजट प्रतिक्रिया खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने लोकसभा में कल प्रस्तुत केन्द्रीय बजट को भव्य भारत के निर्माण करने वाला करार दिया है एक बयान में उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग गांव गरीब और किसान के लिए ये एक बेहतरीन बजट है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने हर बार की तरह अपने बजट को विकासोन्मुखी बनाया है प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने उम्मीद जताई कि बजट में किए प्रावधानों से भारत दुनिया में एक मज़बूत आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा भाजपा विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नए भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बजट में सभी वर्गों का उत्थान सुनिश्चित किया गया है सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अटल आदर्श विद्या केन्द्र स्थापित किए जाएंगे सोलन जिले में अर्की के राजकीय विद्यालय बखालग के अतिरिक्त भवन और पैदल पुल के शिलान्यास अवसर पर आज उन्होंने ये जानकारी दी सैजल ने कहा कि राज्य सरकार संतुलित विकास व योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने पर विशेष बल दे रही है इस दौरान उन्होंने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन भी वितरित किए बिक्रम सिंह कांगड़ा ज़िले के बाथू टिप्परी में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा अस्पताल को उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने रवाना किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये अस्पताल सेवा जसवां परागपुर की विभिन्न पंचायतों में लोगों को घरद्वार पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाएगी उद्योग मंत्री ने जहां राजकीय विद्यालय बाथू टिप्परी के वार्षिक समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया और डाडासीबा में अग्निशमन केन्द्र का लोकार्पण भी किया लोकतंत्र उत्सव सिरमौर जिले में नए मतदाताओं का पंजीकरण करने के लिए निर्वाचन विभाग स्कूलों में सिरमौर लोकतंत्र उत्सव आयोजित करेगा

उन्होंने कहा कि ज़िले में शत प्रतिशत मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है

उन्होंने कहा कि सुन्नी में उपमण्डल अधिकारी कार्यालय खोलना क्षेत्र की पुरानी मांग थी जो आज पूरी हुई है इस दौरान उन्होंने सुन्नी में शिमला ग्रामीण क्रिकेट गोल्ड कप टूर्नामेंट के समापन अवसर पर विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए कैलाश फैडरेशन के अध्यक्ष रवि मैहता और भाजपा नेता प्रमोद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे शिक्षा मंत्री ने क्षेत्र के राजकीय विद्यालय ओगली के वार्षिक समारोह में छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए टिकट आबंटन का आधार जिताऊ उम्मीदवार और पार्टी द्वारा किया गया सर्वे रहेगा शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन दोनों आधार पर ही उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा और इसका अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान करेगा

उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें वरिष्ठ नेताओं को मान सम्मान देने और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ न्याय करने को कहा है

उन्होंने कहा कि हरोली क्षेत्र का विकास उनका लक्ष्य रहा है और इसके लिए वे वचनबद्ध हैं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इसके अलावा गांव और गरीब की सेवा का एजेंडा भी जारी रहेगा

इसका उद्देश्य लोगों में वैटलैंड के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है इस बार के वैटलैंड दिवस का मुख्य विषय जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और इसमें नम भूमि के संरक्षण पर जोर दिया गया है अपने संदेश में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि यदि नम जुमीन का संरक्षण नहीं किया गया तो इसका पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ेगा इधर वैटलैंड दिवस के मौके पर कांगड़ा जिले के डाडासीबा में छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता करवाई गई उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ रहा और दिनभर ध्रूप खिली रही मौसम में आए इस बदलाव से कई स्थानों पर दिन के समय लोगों को ठण्ड से कुछ राहत मिली है उधर हाल ही में हुए ताज़ा हिमपात से जनजातीय ज़िलों में जनजीवन एकबार फिर प्रभावित हुआ है किन्नौर ज़िले में ताज़ा बर्फबारी से बिजली पानी और यातायात व्यवस्था पर असर पड़ा है रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार सांगला घाटी में विद्युत आपूर्ति अभी भी बहाल नहीं हो पाई है उधर चम्बा जिले की पांगी घाटी में भी मरीज़ों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है स्थानीय लोगों ने सरकार से जल्द हैलीकॉप्टर उड़ानों की मांग की है

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस दौरान चम्बा लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले में हिमस्खलन की भी चेतावनी दी है ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है

हादसे की वजह बस की तेज़ रफ्तार बताया जा रहा है भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने इस घटना पर दुख जताते हुए दोषी बस चालक के विरूद्व कार्रवाई की मांग की है उन्होंने सरकार से प्रभावित भेड़ पालक को जल्द उचित मुआवज़ा देने का भी आग्रह किया है